संविधान दिवस देश कल संविधान दिवस मनायेगा यह दिन देशभर में राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है और देश में संविधान को अपनाये जाने का स्मरण कराता है

इस दिन को संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों में सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है

श्री मोदी ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय के शताब्दी स्मारक सिक्के का अनावरण किया उन्होंने भारतीय डाक का विशेष स्मारक टिकट और प्रथम दिवस आवरण भी जारी किया

लेकिन वे केन्द्र सरकार के साथ पहले से परामर्श के बिना कन्टेमेंट जोन के बाहर के इलाकों में स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लागू नहीं करेंगे राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को कार्यालयों में सोशल डिसटेंसिंग का पालन करना होगा

वर्तमान में सकिय मामलों की संख्या कुल स्वस्थ हुए लोगों की संख्या से कम है

उधर सागर संभाग के कमिश्नर मुकेश शुक्ला ने कोरोना की दूसरी लहर के मददेनजर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज और उससे संबद्ध अस्पतालों का निरीक्षण कर डॉक्टरों की बैठक ली

कटनी में सर्दियों के मद्देनजर कोरोना संक्रमण से रोकथाम के लिये कलेक्टर ने आज बैठक की बैठक में कोरोना से बचाव के लिये दो गज की दूरी और मास्क जरूरी सावधानियों को जन जन तक अपनाने पर जोर दिया गया

वहीं गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने आज कहा कि किसानों के बीच किसी ने लॉकडाउन का भ्रम फैला दिया है जिससे मंडियों में आवक बहुत ज्यादा हो गई है उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि उनका पूरा अनाज खरीदा जाएगा

इसे आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी देखा जा सकेगा

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का उद्देश्य प्रदेश के समग्र ग्रामीण अंचल को पेयजल उपलब्ध करवाना है ग्रामीणजनों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि उन्हें घर बैठे ही गणवत्तापूर्ण पेयजल की आपूर्ति हो इसमें पेय जल उपलब्ध करवाने की दिशा में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं जहाँ जलस्त्रोत हैं वहाँ उनका समुचित उपयोग कर आसपास के ग्रामीण रहवासियों को पेयजल प्रदाय किया जायेगा और जिन ग्रामीण क्षेत्रों में जलस्त्रोत नहीं हैं वहाँ यह निर्मित किए जायेंगे

उन्होंने कहा कि आज से प्रदेश मे जनजातीय ऋणमुक्त अधिनियम प्रभावशील हो गया अब किसी भी ब्यक्ति को साहूकार के द्वारा अनाप शनाप पैसे के भुगतान को लेकर परेशान नही किया जायेगा उन्होंने कहा कि अब प्रदेश मे फिर से कोल विकास प्राधिकरण बनाया जायेगा मुख्यमंत्री ने शहडोल संभाग मे गो फूड पार्क और शहडोल के मेडिकल कालेज का नाम विरसा मुंडा के नाम किये जाने की घोषणा की

इसे देवउठनी ग्यारस भी कहते हैं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु क्षीरसागर में छह महीने के शयन के पश्चात आज जागते हैं परम्परानुसार आज तुलसी विवाह भी मनाया जाता है जिसमें तुलसी और भगवान विष्णु के प्रतीक शालिग्राम का धार्मिक रीति रिवाजों के अनुरूप विवाह कराया जाता है आज से ही सभी प्रकार के मांगलिक धार्मिक और वैवाहिक कार्यक्रम फिर से शुरू हो जाते हैं देवउठनी ग्यारस पर आज प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उज्जैन में इस अवसर पर तीन दिवसीय कालीदास समारोह की शुरुआत हो रही है वहीं खंडवा होशंगाबाद जबलपुर आगरमालवा देवास सहित अनेक जिलों से ध्रमधाम के साथ देव प्रबोधनी एकादशी मनाये जाने के समाचार मिले हैं बाजारों में गन्ने बेर सिंघाड़े और पटाखों की दुकाने भी लगी हुई हैं